राज्य को सौलर एनर्जी हब बनाने की दिशा में नई सौर तथा पवन ऊर्जा नीति लाई जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर के विकास को लेकर समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ऐसी बेहतर नीति लाई जाएगी जो प्रदेशहित में होने के साथ साथ आम उपभोक्ता के लिए भी लाभकारी होगी उन्होंने कहा कि आज राजस्थान सौर तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य है इस क्षेत्र में आने वाले पांच साल में दस हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विद्युत प्रसारण का मजबूत तंत्र तैयार हो रहा है

प्रदेश में अब द्कानों और वाणिज्यिक संस्थानों को बार बार पंजीयन तथा नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी द्रकान और वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने इन संस्थानों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का निर्णय लेते हुए एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है प्रस्ताव के अनुसार नियोजित कार्मिकों की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में शुल्क का निर्धारण किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिल्ली में चल रहे भाजपा सांसदों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन सत्र को सम्बोधित करेगे इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यशाला के उदघाटन सत्र में भाजपा सांसदों से कहा कि वे मंत्री या सांसद अथवा विधायक बनने के बाद भी जमीनी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहें श्री मोदी ने कहा कि भाजपा एक संगठित दल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे उम्र की परवाह किए बिना एक विद्यार्थी की तरह सीखते रहें कार्यशाला को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया इस प्रशिक्षण सत्र का आयोजन पार्टी सांसदों में अनुशासन की भावना पैदा करने और संसद के भीतर तथा बाहर उनका आचरण एक जैसा रखने के उद्देश्य से किया गया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं का आध्निकीकरण सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की सभी जरूरते स्वदेशी प्रौदयोगिकी की मदद से पूरी की जाएगी राजनाथ सिंह ने कल हैदराबाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा उपकरण तभी आयात किये जाएंगे जब उनका निर्माण देश में नहीं हो सकेगा

राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत की नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नहीं है

आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है

उन्होंने बताया कि दो महीनों में हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर सभी स्टेशनों को इसी तरह जोड़ दिया जाएगा श्री चावला ने बताया कि राजस्थान में ग्रामीणों की सुविधा के लिये ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ वाईफाई की सुविधा नहीं है वहां वाई फाई सेवायें मुहैया कराई जाएंगी

इस मामले की जांच के लिए आये हुए उच्चाधिकारियों के दल द्वारा अपनी शुरूआती तथ्यात्मक रिपोर्ट शीघ्र ही शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी श्रीगंगानगर की विशिष्ट अदालत ने एक व्यक्ति के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक सहित दो उपाधीक्षक तथा कोतवाली के प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए है यें जांच न्यायालय द्वारा बीकानेर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किए जाने के आदेश पारित किए गए है गौरतलब है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा एक मकान के सौदे में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था जिस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई तब पीड़ित व्यक्ति ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया था जयपुर जिले की पीसीपीएनडीटी सेल ने कल चौमू क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए एक वाहन से नकली भ्रण लिंग जांच मशीन बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी सक्सेना ने बताया कि ये आरोपी चलते वाहन से भ्रण लिंग जांच के नाम पर ठगी कर रहे थे

प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है इसके चलते कल बाड़मेर जयपुर और झालावाड़ में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली झालावाड़ में कल रात लगभग एक घंटे तक बारिश हुई चूरू में भी कल देर शाम तेज बारिश होने के समाचार है

बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई

प्रदेश में कल तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया इस मौके पर बीकानेर उदयपुर और अन्य कई स्थानों पर मेले आयोजित किए गए राजधानी जयपुर में आज शाही लवाजमे के साथ बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी

अमरीका के लाउडरहिल में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया